जरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक राकेश जमवाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं उन्होंने सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निहरी में आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरित करने संबंधी कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की

वे आज ऊना जिला के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि थानाखास में बन रहे गोकुल ग्राम का कार्य अंतिम चरण में है और इसके बनने से बेसहारा गौवंश की समस्या खत्म होगी उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम में गौमूत्र व गोबर पर आधारित प्रोजैक्ट भी लगाए जाएंगे गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकूर ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को तेजी से लागू करने के लिए शिक्षकों को इसका अध्ययन कर अपने सुझाव देने को कहा है

गोविंद ठाकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार स्कूल व कॉलेज पाठयकम में इसके समावेश की संभावनाए तलाशी जाएगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तेजी से कार्य आरंभ कर दिया है इस दौरान उन्होंने सैमीनार की स्मारिका का विमोचन किया और सभी प्रतिभागियों को कोरोना संकट से निपटने की शपथ दिलाई सैमीनार व वैबिनार में विशिष्ट अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने संबोधन में बच्चों के सर्वागीण विकास के अलावा उन्हें समाज के साथ जोड़ने व संस्कारित शिक्षा देने की ज़रूरत बताई वैबिनार में देश विदेश के शिक्षाविद अपने शोध पत्र व सुझाव प्रस्तुत करेंगे बिकम ठाकुर उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकूर ने जसवां परागरपुर विधानसभा क्षेत्र की जंडौर पंचायत में राजकीय बहतकनीकी संस्थान और रेशम केन्द्र के भवनों की आधारशिला रखी

बिकम ठाकर ने कहा कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को बाहर न जाना पड़े

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की हुड़ंग पंचायत में सनावर से मांडोधार वाया शिल्लड पाठिया सम्पर्क मार्ग के भूमि पूजन के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की करीब आधी संख्या महिलाओं की है और विकास प्रक्रिया में इनकी भागीदारी सभी वर्गों के लाभ के लिए चिंतन के दायरे को विस्तृत करती है